आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष प्ररा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दो दिवसीय यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे

आज इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और तीन अक्तूबर को नाम वापिस लिए जा सकेंगे गोबिंद वन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने कहा है कि स्काउटिंग राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है मंडी जिला के रिवाल्सर में भारत स्काउट्स एण्ड गाईडस के पांच दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्होंने रेंजर्स से देश व समाज के हित में कार्य करने की अपील की वन मंत्री ने यूवाओं को नशे से दूर रहने और सड़क नियमों का पालन करने को भी कहा

कार्यशाला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत शिमला में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आरएन बत्ता ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षित अभ्यार्थियों और प्लेसमेंट के बीच अंतर को पूरा करने के अलावा कार्यन्वयन करने वाली एजेंसियों से फीडबैक ली गई इस अवसर पर पूर्व छात्रों व प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव सांझा करने के अलावा इस कार्यक्रम को और अधिक फायदेमंद बनाने के सुझाव दिए नवरात्र शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर जिल आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नामांकन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल में नया लोकायुक्त एक्ट लागू शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना इसी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में लागू हुआ लोकायुक्त एक्ट राजनेताओं सहित जनप्रतिनिधि भी जांच के दायरे में हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल में पांच साल बाद लोकायुक्त एक्ट लागू दो साल से खाली है लोकायुक्त की कुर्सी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द संभव

मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है प्रदेश में लगातार बारिश से पारा लुढ़का ठंड बढ़ी